बजट पर नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया वित्त विशेषज्ञों ने बजट की सराहना करते हुए इसे सही दिशा में कदम बताया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

बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है इसके लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण भौतिक तथा वित्तीय प्रंजी और अवसंरचना आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास मानव संसाधन में नवजीवन का संचार नव परिवर्तन अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम किसानों की आय दोगुनी करने मजबूत बुनियादी ढांचा स्वस्थ भारत सुशासन युवाओं के लिए अवसर सबके लिए शिक्षा महिला सशक्तीकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकलपबद्धता व्यक्त होती है

उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और आरोग्य पर आधारित इस बजट से सबको फायदा होगा उन्होंने कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि इसमें कई बदलावों का प्रावधान किया गया है जिससे देश के विकास और रोजगार सुजन में सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं का जीवन बेहतर और सुगम बनाने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में ब्रेनियादी ढांचे और सूक्ष्म लघ् तथा मध्यम उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है

श्री मुंडा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अबतक का सर्वश्रेष्ठ बजट है जिसमें कि सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है

बजट नया भारत और आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है

पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन आज दुमका पहुंचे दुमका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

सिमडेगा जिले की पुलिस ने जाली नोट को खपाने की तैयारी कर रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है

पलामू के उपायुक्त शषि रंजन ने रजहारा कोलियरी का लैंड रिकॉर्ड अप ट्र डेट करने का निर्देष दिया है वे आज भू अर्जन के विस्थापितों के शिकायत के निष्पादन के लिए गठित शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उपायुक्त ने अंचल से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में अपर समाहर्ता स्थल की जांच कर नियमसंगत कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का भी निर्देष दिया धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केन्दुआ मछली पट्टी में आज बम फटने से तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए

आठवीं राष्ट्रीय और चौथी अंतरराष्ट्रीय के आयोजन समिति की बैठक में लिया गए निर्णय के अनुसार रांची में मॉर्निंग वॉकर के लिए भी एक प्रदर्शनी वॉकिंग स्पर्धा आयोजित की जाएगी यह प्रतिस्पर्धा उसी ओलंपिक क्वालीफायर रूट पर होगी जहां आठवीं राष्ट्रीय और चौथी अंतरराष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है

रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में षीतलहर का असर देखा गया